वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से मांगा सहयोग सोलन का राज्य स्तरीय शूलिनी मेला शुरू योग दिवस पांचवां अतंराष्ट्रीय योग दिवस आज देश सहित प्रदेशभर में उत्साह के साथ मनाया गया झारखंड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पांच वर्ष में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य सेवा का सशक्त आधार बनाया जा सके प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग के महत्व को पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया रबड़ मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भी योग दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग आध्यात्मिक आत्मिक और शारीरिक अभ्यास है जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है योगाभ्यास से पूर्व कुल्लू के गाड़ागुशैणी में कल हुई बस दुर्घटना के मृतकों को श्रद्वांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंडी ज़िले के सरकाघाट में आयोजित योग दिवस कार्यकम में भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक तौर पर तनावमुक्त रखने में सहायक होता है उधर लाहौल स्पिति ज़िला मुख्यालय केलंग में ठंड के बावजूद योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया केलंग पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आईटीबीपी और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया वहीं सोलन के पुलिस मैदान में भी हजारों लोगों ने योग कियाएं कीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपरिथत रहे बिलासपुर के लुहण मैदान में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया

बाद में योगाभ्यास सत्र में सभी लोगों ने योगासन और प्राणायाम किया इधर शिमला के समीप कंडा जेल परिसर में पतंजलि योग पीठ के प्रांत प्रभारी लक्ष्मी दत्त शर्मा ने कैदियों को योगाभ्यास करवाया किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में योग दिवस आईटीबीपी हैलीपैड पर मनाया गया भारत तिब्बत पुलिस बल के अधिकारियों जवानों और जिला प्रशासन सहित स्थानीय लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर योग किया

ज़िला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहला में आयोजित हुआ

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और नागरिक अस्पताल बंजार में भर्ती किया गया है

उन्होंने कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जा रही है और सभी को राहत राशि दे दी गई है

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है और उन्हें त्रंत राहत राशि उपलब्ध करवाई गई है उन्होंने कहा कि ऐसी द्र्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्ती से कार्य करेगी

उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड्डा ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त की हैं केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है वित्त मंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केन द्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है आज नई दिल्ली में राज्यों के वि तामंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केन द्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया वि रामंत्री ने कहा कि राज्य और केन्द्र के समन्वय के बिना निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना वर्तमान समय की मांग है ताकि भारतीय पुरातन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सके शिमला के विकास नगर में आज सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा देश सहित विदेशों में भी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य किया जा रहा है

इस बीच स्कूल के प्रधानाचार्य लेखराज ठाकुर ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस छात्रावास में विद्यार्थियों को रहने की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मां शूलिनी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ मेले का शुभारंभ किया और शोभा यात्रा में भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी प्राचीन संस्कृति के द्योतक हैं जो समाज की पौराणिक परंपराओं को भावी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं इस दौरान हज़ारों की संख्या में श्रद्वालुओं ने विभिन्न वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया

उन्होंने कहा कि मेले में पहली बार किसानों को गौवंश पश् प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका दिया गया है ताकि वे गौवंश की नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में आज ये जानकारी दी